प्रदेश में कोविड उन्नीस के तीन सौ संतानवे नये मामलों की पुष्टि

और सर्द पछ्आ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

बिहार में कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास तीन जिलों में सम्पन्न हुआ राजधानी पटना के अलावा जमुई और पश्चिम चम्पारण जिले में यह पूर्वाभ्यास किया गया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने पटना जिले में फुलवारीशरीफ के सब डिवीजनल कार्यालय शास्त्री नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और दानापुर सब डिवीजनल अस्पताल में पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि मूल टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने से पहले पूर्वाभ्यास से बहुत मदद मिलेगी श्री पाण्डेय ने कहा कि इससे इस प्रक्रिया में शामिल लोगों को आवश्यक जानकारी मिलेगी और इस प्रक्रिया में किसी बदलाव की आवश्यकता के बारे में पता चल सकेगा

लगभग साढ़े चार लाख सरकारी और निजी स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड का टीका दिया जायेगा

जिले के सिविल सर्जन अरूण कुमार सिन्हा ने बताया कि इससे वास्तविक टीकाकरण के दौरान भीड़ के प्रबंधन में मदद मिलेगी

पूर्वाभ्यास से मूल टीकाकरण के चरणों को समझने में मदद मिलती है

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निःशुल्क लगाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह ना हों

देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के अपने माइंड में मिसकसेप्शंस न बनाएं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशानिर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी उन्होंने कहा कि आम लोगों में पोलियो टीकाकरण के दौरान भी हिचक देखी गई थी लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण प्रर्वाभ्यास चार राज्यों में किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया गया उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाये जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन हुआ उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पहले चरण में एक करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और दो करोड़ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगेगा उन्होंने कहा कि अगले सत्ताईस करोड़ लाभार्थियों को जुलाई तक टीका लगाने के लिए प्राथमिकता तय की जा रही है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तीन सौ संतानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है आज सबसे अधिक दो सौ उन्नीस मामले पटना जिले से सामने आये हैं नवादा से तेईस मुजफ्फरपुर से सत्रह और बेगूसराय तथा नालंदा से सोलह सोलह नये मामलों की पुष्टि की गयी है प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार छह सौ उनहत्तर है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में चार सौ नब्बे मरीजों के ठीक होने के साथ ही महामारी से स्वस्थ होने की दर भी संतानवे दशमलव छह एक प्रतिशत हो गई है अब तक राज्य में लगभग दो लाख सैंतालीस हजार पांच सौ नवासी मरीज संक्रमण से ठीक हुए देश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं आज यह और घटकर दो दशमलव चार तीन प्रतिशत रह गए पिछले चौबीस घंटों में सक्रिय मामलों में चार हजार की कमी आई है इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग दो लाख पचास हजार रह गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव एक दो प्रतिशत पर पहुंच गई है अब तक निन्यानवे लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश में संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या कोविड के सक्रिय मामलों की तुलना में चालीस गुना अधिक है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड संकट के दौरान चुनौती को अवसर में बदलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए कई सुधार भी किये गये श्री मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्मस किए जा रहे हैं उनमें स्टार्टअप के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है आपको अपने कैरियर को भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोडना है इस नए दशक में ब्रांड इंडिया को नई ग्लोबल पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हम सब पर है विशेष रूप से हमारे नौजवानों पर है प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें बदलते वक्त के अनुसार न केवल उसके साथ बल्कि उससे भी तेज गति से चलना होगा बाइट हमारी कोशिश है कि हम ना सिर्फ समय के साथ चलें बल्कि समय के पहले चलने की भी कोशिश करें जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं वैसे ही मैनेजमेंट संकिल की डिमांड भी बदल रही है अब टॉप डाउन या टॉप हैवी मैनेजमेंट की बजाए कोलोब्रेटिव इनोवेटिव और ट्रासफोरमेर्टिव मैनेजमेंट का समय है ये कोलोब्रेशन छात्रों के साथ जरूरी है ही वकर्स फॉर एलगोरिदम भी अब इन मैंबर्स के रूप में आपके साथ है इसलिए आज जितना ह्युमन मैनेजमेंट जरूरी है उतना ही टेक्नोलॉजीकल मैनेजमेंट भी आवश्यक है सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुई है हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि चार जनवरी से राज्य के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में व्रद्धि होगी

वहीं पटना का न्यूनतमत तापमान छह दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बिहार के पूर्व राज्यपाल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री बूटा सिंह का आज नई दिल्ली में निधन हो गया वे छियासी वर्ष के थे अपने लम्बे राजनीतिक कैरियर के दौरान वे केन्द्र में कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री कृषि मंत्री रेल मंत्री और खेल मंत्री रहे थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बूटा सिंह के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुये कहा कि वे सामाजिक न्याय के एक पुरोधा थे उनके निधन पर राज्य सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कोविड महामारी से स्वस्थ हो गये हैं कोरोना निगेटिव होने के बाद आज उन्हें पटना एम्स से छूटटी दे दी गयी पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में आज से पोस्ट कोविड ओपीडी की शुरूआत हो गयी है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि ओपीडी में कोविड से स्वस्थ हो चुके रोगियों में आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का इलाज हो रहा है दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की श्री ठाकुर ने दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जरूरी इकतीस एकड़ जमीन के संबंध में उनसे चर्चा की यह जमीन अभी भारतीय वायु सेना के पास है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में शेखपुरा जिला के दस प्रतिभागियों ने सफलता हासिल की है जिलाधिकारी इनायत खान सभी प्रतिभागियों को पांच जनवरी को सम्मानित करेंगी

रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पेट्रोल पम्प मालिक की लूट के दौरान हुई हत्या मामले में पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार अपराधी के पास से दो देशी कट्टा एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किया गया है

प्रदेश में कोविड उन्नीस के तीन सौ संतानवे नये मामलों की पुष्टि

और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश भर में ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी